मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा योजना को सभी वर्गो ने सराहा और स्वीकार किया प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज चार वर्ष पूरे हो रहे हैं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के मददेनजर पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिये संकल्पबद्व है और इस दिशा में पूरी तत्परता से सक्रिय है सिद्वार्थनगर में कल सिद्वार्थ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि लम्बे समय से भारतीय शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की आवश्यकता महसुस की जा रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस लेकर आयी है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समझें और इसके सफल क्रियान्वयन में योगदान दें

उन्होंने कहा कि टीबी जैसी भयावह बीमारी से मुक्ति के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने पांच पांच गांवों को गोद लिया है उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अलावा शिक्षकों और आम लोगों को भी सहभागिता भी आवश्यक है इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में दो सौ तेईस करोड़ रूपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब तक गरीब परिवारों की एक लाख पचहत्तर हजार कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी जातियों के गरीब परिवारों के लिये सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित तीन हजार पांच सौ से अधिक कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश में अत्यन्त लोकप्रिय हुयी है और इसे समाज के सभी वर्गो ने सराहा और स्वीकार किया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों में लोक कल्याण के लिये कई योजनाएं और कार्यक्रम श्रू किये हैं मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हए कहा कि बिना उनके परिश्रम के कोई भी निर्माण कार्य सम्मव नही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रतिबद्व है और इसके लिये कई योजनाएं लागू की गयीं हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कठिन समय के दौरान प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिये भरण पोषण भत्ता शुरू किया था इसके तहत चौवन लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में भत्ते की धनराशि सीधे अन्तरित की गयी मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिये राज्य सरकार ने सभी अट्ठारह मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है इन विद्यालयों में बच्चों को उत्तम और अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी गरमी के मौसम में बिजली की मांग में संमावित बढ़ोत्तरी को देखते हुए बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था और मरम्मत समय से सुनिश्चित कर ली जाये जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की ओवर बिलिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि कैच द रैन अभियान के अंतर्गत लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाये उन्होंने इस बारे में प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों को एक कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने आगामी चौबीस मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रदेश में टीबी उन्मूलन को लेकर विविध कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता जताई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के आज चार वर्ष पूरे हो रहे हैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार राज्य भर में एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर योगी सरकार के पिछले चार वर्षो के कार्यो और उपलबियों का प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्रियों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सरकार के चार वर्षो की उपलब्धियों के बारे में प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री विधवाओं और निराश्रतों को पेंशन और दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित करेंगे लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाते हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया है सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह तक प्रदेश में केवल बारह मेडिकल कॉलेज थे पिछले चार वर्षो में राज्य में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं इसके अलावा प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना की गयी है यहां ओपीडी का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गोरखपुर में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के अंत तक गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे राज्य में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सकीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्वति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय खोलने का भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोत्तरी सभी के लिए एक चेतावनी है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग का कम से कम पैंतालिस प्रतिशत कार्य आरटीपीसीआर विधि से किया जाये और इसे बढ़ाने के लिए समी प्रयास किये जायें उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तथा बस अड्डों पर रैपिड टेस्ट एंटीजन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में पंचायती राज चनाव और त्यौहारों को देखते हुए बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग आयेंगे इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर पूरा ध्यान दिया जाये उन्होंने बाजारों में ध्वनि विस्तारक माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा मुख्यमंत्री श्री योगी ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइंस और प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन एक बहुमूल्य संसाधन है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाये कि इसकी एक भी डोज व्यर्थ न जाये उन्होंने सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में संचालित कोविड टीकाकरण कार्य की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिये केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्द तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है इस नीति पर सदन में बयान देते हुए श्री गड़करी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्धि होगी श्री गडकरी ने सदन को बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति के लागू होने से देश में तीन करोड़ सत्तर लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे राज्यसभा ने कल बीमा संसोधन विधेयक दो हजार इक्कीस को विचार के बाद पारित कर दिया इस विधेयक में उन्नीस सौ अड़तीस के बीमा विधेयक को संशोधित करने की व्यवस्था है जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी